घटना की सूचना मिलते ही राहत व बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है

घायलों को इलाज के लिए नागरिक अस्पताल धर्मपुर में भर्ती करवाया गया है जानकारी के अनुसार इस रेस्टोरेंट में कुछ सेना के जवान भी मौजूद थे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार मण्डी ज़िले के जंजैहली क्षेत्र को देश के सबसे लोकप्रिय इको पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है जंजैहली में आज पर्यटन उत्सव के समापन समारोह में उन्होंने कहा कि मनमोहक दृश्यों व प्राकृतिक सौदर्य के कारण इस क्षेत्र में पर्यटन के व्यापक अवसर मौजूद हैं जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार जंजैहली पर्यटन उत्सव को और आकर्षक बनाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी इस दौरान मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में विद्युत उपकेन्द्र राजकीय विद्यालय जरोल में विज्ञान प्रयोगशाला और लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह का भी शिलान्यास किया राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने आज लुधियाना में प्रशासनिक सेवा परीक्षा में चयनित प्रतिभागियों के अभिनन्दन समारोह की अध्यक्षता की उन्होंने सफल युवा अधिकारियों से हमेशा पुस्तकों से जुड़े रहने और सच्चाई के मार्ग पर चलकर राष्ट्रसेवा करने का आह्वान किया राज्यपाल ने कहा कि गरीबों और कमज़ोर वर्गों के लोगों की सेवा ही मानवता की सेवा है किन्नौर ज़िले में हंगरंग घाटी के नाको में आज जनमंच कार्यक्रम आयोजित किया गया विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने जनसमस्याएं सुनकर अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया इस अवसर पर बिंदल ने कहा कि जनमंच सरकार का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और इसके माध्यम से जनता व सरकार के बीच सीधा संवाद होता है उन्होंने अधिकारियों को जन शिकायतों का निपटारा निर्धारित समय अवधि में करने के निर्देश दिए विधानसभा अध्यक्ष ने गृहिणी सुविधा योजना के तहत पात्र महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन भी वितरित किए प्रदेश विधानसभा की प्राकलन समिति की एक बैठक केलंग में हुई इस दौरान सदस्यों ने लाहौल स्पीति ज़िले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की समिति के अध्यक्ष रमेश ध्वाला ने अधिकारियों को सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए उन्होंने ज़िले में पर्यटन विकास के लिए मूलभूत ढांचा मजबूत करने की ज़रूरत पर बल दिया उपायुक्त कमलकांत सरोच ने बताया कि समिति द्वारा दिए दिशा निर्देशों पर कड़ाई से अमल किया जाएगा

उन्होंने कहा कि नए सदस्य बनाते समय गुणवत्ता और संख्या दोनों का ध्यान रखा जाएगा राज्य सरकार ने जैव प्रौद्योगिकी में केन्द्र से कौशल विकास के लिए साढ़े चार करोड़ रूपए की परियोजना हासिल की है इसका उद्देश्य जमा दो और स्नातक विद्यार्थियों को जैव प्रौद्योगिकी के उपकरणों और तकनीक का गुणवत्तायुक्त प्रशिक्षण देना है प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी व पर्यावरण परिषद के सदस्य सचिव डीसी राणा ने बताया कि ये परियोजना जीव विज्ञान क्षेत्र कौशल विकास परिषद और अन्य सहयोगी संस्थानों के सहयोग से लागू की जाएगी सिरमौर जिले में भारी बारिश के चलते गिरी नदी का जल स्तर बढ़ने से इस पर बने जटोण विद्यत परियोजना बांध के गेट खोल दिये गये हैं प्रशासन ने इस संबंध में अलर्ट जारी कर लोगों को नदी के किनारे न जाने की चेतावनी दी है प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मॉनसून की वर्षा का क्रम रूक रूक कर जारी है

राजधानी शिमला व इसके साथ लगते क्षेत्रों में भी आज दिन के समय हल्की वर्षा हुई